कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए झारखण्ड सहित देष के उन्नीस राज्यों में लॉकडाउन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी राज्यवासियों से घरों में रहने की की अपील

श्री मोदी ने टवीट के जरिए लोगों को इसके प्रति सावधान रहने को कहा है प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों नर्सों और स्वच्छता कर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए लोगों की सराहना की है

उन्होंने आज विभिन्न संचार माध्यमों के प्रमुखों से वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा कि इससे लोग मामले की गंभीरता को समझेंगे और लॉकडाउन को गंभीरता से लेंगे प्रधानमंत्री ने मीडियाकर्मियों से भी सभी तरह की सावधानी बरतने का अनुरोध किया

श्री सोरेन ने कहा है कि लोग समाजिक दूरी बनाकर रखें ताकि संकमण से बचा जा सके झारखण्ड सरकार ने एहतियात के तौर पे कई कड़े निर्णय लिये हैं राज्य सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश को लॉक डाउन किए जाने के बाद ग्रमला जिला प्रशासन इसके अनुपालन के लिए सक्रिय हो गया है

खासकर थोक व्यापारियों पर विशेष नजर रखी जा रही है जिसे खाने पीने की वस्तुओं का अवैध भंडारण कर अनुचित मूल्य से ना बेची जाए

बैनर पोस्टर के माध्यम से जिलेवासियों को जागरूक किया जा रहा है दूसरी ओर जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए संपुर्ण लॉक डाउन कर दिया गया है

उपायुक्त मुकेश कमार ने कहा है कि लॉकडाउण का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

इससे पहले सदन में राजस्व और अन्य विभागों की अनुदान मांगों को गिलोटीन के माध्यम से ध्वनिमत से मंजूरी दी गयी

संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम द्वारा एनपीआर और एनआरसी को लेकर प्रस्ताव पेश करने के दौरान राज्य के विपक्षी भाजपा विधायकों ने जोरदार विरोध किया

विपक्षी विधायकों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून को विधानसभा में बगैर चर्चा के लागू नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया गया है

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्ष के हंगामें के बीच कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा की कोरोना वायरस के संकमण के कारण रांची में रामनवमी पर्व को लेकर निकाले जाने वाला विशाल जुलूस नहीं निकाला जायेगा आज श्री महावीर मंडल रांची के अध्यक्ष जय सिंह यादव और मंत्री ललित ओझा ने सभी अखाड़ेधारियों से अपील की है कि कोरोना के महामारी संकट को देखते हुए जनहित में सभी कार्यक्रम को स्थगित करें राज्य में लॉक डाउन का पुरा पालन करें

श्री यादव ने बताया कि कोरोना के संक्रमण समाप्त होते ही अलग से राम नवमी की शोभायात्रा निकाली जाएगी जमषेदपुर के बागडेरा क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या का मामला सामने आया है एक महिला और उसके दो बच्चों की घर में ही हत्या कर दी गई है बच्चों के पिता पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है

बहत आवश्यक मामलों की सुनवाई केवल एक न्यायालय वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करेगा

केन्द्र सरकार ने कल आधी रात से सभी घरेलू उड़ाने रद्द करने का फैसला किया है